श्री चौहान कल मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे

प्रधानमंत्री नरेनद्र मोदी ने पंडित नेहरू की प्ण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है

जबलप्रजिले में इस बार समर्थन मूल्य पर गेहं की रिकॉर्ड खरीदी हई है

साथ ही किसानों को टिड्डी दल के आक्रमण से बचाने सामयिक उपाय अपनाने की सलाह भी दी जा रही है

मौसम नौतपा में प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है कई जिले लू की चपेट में हैं मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों समेत छतरप्र जिले में तेज लू का रेड अलर्ट और रीवा भोपाल संभाग टीकमढ़ पन्ना सागर दमोह उमरिया जबलपुर छिंदवाड़ा नरसिंहपुर शाजापुर खंडवा खरगौन गुना दतिया शिवपुरी अशोकनगर में लू का यलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हए कहा है कि लू से बचने के लिए अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें सूर्य के सीधे संपर्क में आने से बचें अगले दो दिन इसी तरह का मौसम बना रहने का अनुमान है शिवप्री जिले में नौतपा के तीसरे दिन आज गर्मी के तीखे तेवर जारी है

होम क्वेरंटाईन का पालन नहीं करने पर बालाघाट कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर दो व्यक्तियों के विरूद्व महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है